भारत ने पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास शुरू हुआ गंभीर रोग से पीड़ित प्रदेश के मूल निवासियों को मुम्बई के राजस्थान भवन में रियायती दर पर मिलेगी सुविधायें

दोनो विधानॅसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान दल पहुंच चुके हैं

दिव्यांग और दृष्टिबाधित मतदाताओं को विशेष सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही है

हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर वोट डालने के दौरान अनअधिकृत व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों का प्रवेश निषेघ रहेगा

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का मुकाबला कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन से है इसके अलावा बिहार के समस्तीपुर और महाराष्ट्र के सतारा में लोकसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव कल सम्पन्न होगा

भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों को भी निशाना बनाया जहां से भारत में आतंकियों की घुसपैठ में मदद दी जा रही थी भारतीय सेना ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए तोपों का इस्तेमाल भी किया सेना की कार्रवाई में नीलम घाटी स्थित कुछ आतंकी ठिकाने नष्ट हो गये और इस कार्रवाई में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है भारतीय सेना ने यह कार्रवाई कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की अकारण गोलीबारी के जवाब में की पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में दो भारतीय सैनिक शहीद हो गए और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई कठुआ में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की खबरें हैं महात्मा गांधी की डेढ सौंवी जयन्ती के उपलक्ष्य में उदयपुर में लगाई गई राष्ट्रीय स्तर की मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी को अब तक हजारों लोगों ने देखा है और गांधी दर्शन के प्रति अपनी रूचि जाहिर की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोकसम्पर्क ब्यूरो की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में एनसीसी सहित अनेक कॉलेज और स्कूली छात्रों ने बापू के आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया प्रदर्शनी में काव्य पाठ और विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगितायें भी आयोजित की गई

इस अभ्यास में आर्टिलरी अग्नि और प्रहारक हैलीकॉप्टरों का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है अभ्यास का मुख्य आकर्षण संयुक्त हथियार सामन्जस्य और रॉकेट लॉन्च सिस्टम का एकीकृत प्रदर्शन होगा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऐसे रोगियों के फायदे के लिये यह संवेदनशील निर्णय लिया है गौरतलब है कि कैंसर हृदय अल्जाइमर किडनी लिवर और अन्य रोगों का इलाज करवाने के लिए राजस्थान से बड़ी संख्या में रोगी मुम्बई जाते हैं

बाजारों में रौनक बढने लगी है और दुकानदार भी अच्छी बिक्री की आस लगाये हुये है

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन टैस्ट मैचों की श्रृंखला के आखिरी मैच में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है